प्रदेश में कल अचानक आये आंधी और तूफान से जनजीवन प्रभावित फसलों को भी नुकसान का अंदेशा

उन्होंने कहा कि इस संकल्प पत्र में हमने अगले पांच साल की सोच को समाहित किया है उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में भारत के मन की बात को शामिल किया गया है

कांग्रेस से बाडमेर सीट से प्रत्याशी मानवेन्द्र सिंह ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया वहीं भाजपा के पाली से उम्मीदवार पीपी चौधरी ने भी आज नामांकन पत्र दाखिल किया उदयपुर से भाजपा लोकसभा प्रत्याशी अर्जुन लाल मीणा टोंक सवाईमाधोपुर से प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया बाडमेर से प्रत्याशी कैलाश चौधरी जालोर सीट से देवजी पटेल राजसमंद से दीया कुमारी आज अपना नामाकन पत्र दाखिल करेंगी वहीं कांग्रेस के जालोर से उम्मीदवार रतन देवासी और चित्तौडगढ से गोपाल सिंह इडवा और बसपा के पंकज चौधरी नामांकन पत्र दाखिल करेंगे

आज बीकानेर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा क्योकि कांग्रेस देश की जरूरत है उन्होंने कहा कि पार्टी का अपना गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और पार्टी इसे बरकरार रखेगी

बीकानेर में कल ईवीएम और वीवीपैट जागरूकता अभियान चलाया गया मतदाता जागरूकता रथ के माध्यम से मतदान प्रकिया से जुडी लघु फिल्मे प्रदर्शित की गई वहीं झालावाड़ में भी पूरे जिले में स्वीप रथों के द्वारा मतदाताओं को जागरूक किया गया उदयपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिये स्वीप कार्यक्रम के तहत मावली पंचायत समिति में आयोजित बावजी चतर सिंह मेले का आयोजन किया गया मेले में आये लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिये कई तरह के कार्यक्रम किये गये वहीं जालोर में भी स्वीप गतिविधियों के तहत लोगों की भागीदारी बढाने के लिये कई कार्यक्रम किये जा रहे है

राजस्व सचिव को एक पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आचार संहिता लागू रहने के दौरान चुनाव केलिए अवैध धन के संदिग्ध इस्तेमाल के मामले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जानकारी दी जानी चाहिए

गणगौर के अवसर पर प्रदेश के कई जिलों में गणगौर की सवारी निकाली जायेगी करौली और धौलप्र जिलों में इस मौके पर गणगौर मेले का आयोजन किया गया है उदयप्र के विश्व प्रसिद्ध मेवाड़ गणगौर महोत्सव का आयोजन आज गणगौर घाट पर ब्रंदी के मांड गायन कलाकार द्वारा केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश शुरू किया जायेगा जयपुर जिले में गाणगौर माता की सवारी शाही ठाट बाट के साथ निकाली जायेगी ये सवारी सिटी पैसेल के जनानी ड्योडी से शुरू होकर त्रिपोलिया गेट से ताल कटोरा तक निकाली जायेगी इस मौके पर लोककलाकारों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी जायेंगी

कल शाम पूरे प्रदेश में तेज आंधी और तूफान से जहां गर्मी से राहत मिली वहीं तेज धूलभरी आंधियां चलने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पडा करौली धौलपुर बूंदी हनुमानगढ़ चूरू भरतपुर झूंझनूं सहित प्रदेश के कई जिलों में मौसम में आये परिवर्तन से खेतों के खडी फसलों को भी नुकसान की आशंका है

वहीं इस आंधी से खेतों में कटने को तैयार फसल को भी नुकसान पहचा

यह इसबगोल अवैध रूप से ले जाई जा रही थी इसकी कीमत करीब सवा तीन लाख रूपये बताई गई है

इसके बाद वे सफाई व्यवस्था से जुडे अधिकारियों और कर्मचारियों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को भी सुनेगें